कांकेर जिले के सनटोला गांव में आज मध्मक्खियों के हमले से एक व्यक्ति की मौत पांच अन्य लोग घायल स्वच्छता प्रस्कार शहरी स्वच्छता के लिए छत्तीसगढ़ को देश में तीसरा स्थान मिला है वहीं प्रदेश के नगरीय निकायों को पहली बार एक साथ चौंसठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है केन्द्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल नई दिल्ली में आयोजित स्कॉच समिट कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्रदान किए कार्यक्रम में शहरी स्वच्छता के लिए झारखंड को प्रथम और महाराष्ट्र को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया अंबिकापुर को एक से तीन लाख की आबादी वाले नगरों की श्रेणी में इनोवेशन के लिए प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है वहीं बस्तर संभाग के नरहरपुर ने बेस्ट परफार्मिंग सिटी का खिताब अपने नाम किया है केन्द्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सभी शहरों की रैंकिंग भी जल्द ही जारी की जाएगी नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव संचालक निरंजन दास और सूडा के सीईओ अभिनव अग्रवाल सहित सूडा की पूरी टीम को बधाई दी है संचार क्रांति योजना राज्य सरकार की संचार क्रांति योजना स्काई के तहत अगले दो माह में प्रदेश के बारह हजार से ज्यादा गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचा दी जाएगी इसके लिए छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स द्वारा तैयारी की जा रही है इस योजना के तहत प्रदेश के पचास लाख लोगों को निःशुल्क स्मार्ट फोन दिए जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चिप्स को मार्च दो हजार उन्नीस तक राज्य के लगभग चौदह हजार गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहंचाने का लक्ष्य दिया है इनमें से करीब बारह हजार गावों में इसी साल अगस्त तक यह सुविधा लोगों को मिलने लगेगी चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एलेक्स पॉल मेनन ने बताया कि मोबाईल कनेक्टिविटी के लिए संभागवार संख्या प्राप्त कर ली गयी है और कनेक्टिविटी प्रदान करने का कार्य जारी है शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रस्कारों के लिए शिक्षकों के चयन के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं मंत्रालय से जारी बयान के अनुसार सरकारी स्कूलों के शिक्षक पुरस्कारों के लिए अपनी प्रविष्टियां सीधे भेज सकेंगे

इस पोर्टल का प्रबंधन भारतीय प्रशासनिक कर्मी महाविद्यालय करेगा पुरस्कारों के लिए शिक्षकों का चयन एक स्वतंत्र राष्ट्रीय निर्णायक समिति करेगी प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य शासन द्वारा ग्यारह नगरीय निकायों में शासकीय जमीन पर अवैध रूप से झुग्गी बनाकर रहने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराया जाएगा यह निर्णय मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में हई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में लिया गया इस तरह की इंक्यावन झुग्गी बस्तियों की पहचान की गई है इस योजना के तहत रायपुर बिलासपुर राजनांदगांव भिलाई दुर्ग भिलाई चरौदा जगदलपुर धमतरी रायगढ़ अम्बिकापुर और बीरगांव नगरीय निकायों में आवास बनाए जाएंगे अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन पर वृक्षारोपण और आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाएंगे इनमें से पट्टे की भूमि और आबादी भूमि पर भी मोर जमीन मोर आवास के आधार पर प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण किया जाएगा आईपीएस तबादला केंद्र सरकार ने राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल और यातायात टीजे लांगकुमेर को नागालैंड का पुलिस महानिदेशक बनाया है इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है श्री लांगक्मेर उन्नीस सौ इंक्यानवे बैच के आईपीएस अधिकारी हैं वे लंबे समय तक बस्तर और सरगुजा में डीआईजी और आईजी रह चुके हैं बाद में उन्हें रेल और यातायात विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था श्री लांगकमुेर को नागालैंड के डीजीपी रुपीन शर्मा के स्थान पर नियुक्त किया गया है वहीं राज्य सरकार ने प्रदेश के दो आईपीएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किए हैं सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश के अनुसार गृह जेल और परिवहन विभाग के सचिव अरूणदेव गौतम को सीआईडी का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया गया है वहीं उप पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा को गृह जेल और परिवहन विभाग में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है महेश गागड़ा छत्तीसगढ़ में वनों के विकास के लिए कैम्पा निधि से अब तक एक हजार उनचास करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं प्रदेश के वन मंत्री महेश गागड़ा ने बताया है कि कैम्पा निधि योजना के अंतर्गत भारत सरकार से अब तक एक हजार दो सौ तिरानवे करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है श्री गागड़ा ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले वनवासियों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं इस राशि से पिछले एक दशक में जहां साढ़े छब्बीस हजार हेक्टेयर रकबे में सघन वृक्षारोपण करवाया गया है वहीं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से लगभग तेईस हजार हेक्टेयर में बहुमूल्य प्रजातियों के वृक्ष लगाए गए हैं

राकेश यादव के खिलाफ पुलिस ने देशद्रोह पुलिसकर्मियों को भड़काने और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है आरोप है कि आरक्षक राकेश यादव पुलिस जवानों के परिजनों को आगामी पच्चीस जून को राजधानी में महाधरना करने के लिए कथित रूप से उकसाया है मध्मक्खी हमला कांकेर जिले के सनटोला गांव में आज मधुमक्खियों के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं पांच अन्य लोग गंभीर रुप से घायल हो गए बताया जा रहा है कि बड़गांव थाना क्षेत्र के सनटोला गांव में आज सुबह ग्रामीण एक पेड़ के नीचे अगरबत्ती धूप जलाकर पूजा अर्चना कर रहे थे इसी दौरान मध्मक्खियों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया जिससे वहां भगदड़ मच गई मधुमक्खियों के कांटने से एक बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई हमले में घायल पांच अन्य लोगों को इलाज के लिए बड़गांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है प्रभाकर चौबे निधन प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार प्रभाकर चौबे का कल रात निधन हो गया वे चौरासी वर्ष के थे श्री चौबे का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इलाज चल रहा था आज राजधानी रायपुर में उनका अंतिम संस्कार किया गया धमतरी जिले के सिहावा में जन्में प्रभाकर चौबे ने पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए श्री चौबे दैनिक देशबंध् पत्र समूह के सांध्य दैनिक हाईवे चैनल के प्रधान संपादक थे राज्यपाल बलरामजी दास टंडन और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने श्री चौबे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री चौबे का पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है उन्होंने हमेशा अपने स्तंभ और व्यंग्य लेखन के जरिये समाज को जागरूक किया है वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री चौबे के निधन से छत्तीसगढ़ में साहित्य और पत्रकारिता के एक सुनहरे युग का अंत हो गया है गांजा बरामद रायपुर पुलिस ने बीती रात रेलवे स्टेशन से करीब ढाई लाख रुपए के गांजे के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस के मुताबिक ये तीनों आरोपी जगदलपुर से गांजा लेकर रायपुर आए थे और आगरा जाने के लिए रायपुर स्टेशन पहुंचे थे ये तीनों आरोपी उत्तरप्रदेश के रहने वाले बताए जाते हैं पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया कल से पांच दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं श्री पुनिया कल तिल्दा में आयोजित एकता परिषद के कार्यक्रम में शामिल होंगे वहीं इसी दिन वे रायपुर में कांग्रेस वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे श्री पुनिया अगले दिन चौबीस जून को नागपुर के लिए रवाना होंगे जहां वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे इसके बाद श्री पुनिया पच्चीस जून को वापस रायपुर आकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ विशेष बैठकों में हिस्सा लेंगे श्री पुनिया अट्ठाईस जून को रायपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे संक्षिप्त समाचार आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने पांच राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है छत्तीसगढ़ कमेटी के लिए भुवेश्वर कालिता को अध्यक्ष बनाया गया है वहीं रोहित चौधरी और अश्विन कोतवाल कमेटी के सदस्य होंगे कोंडागांव जिले के बनियागांव में आज ट्रक और कार के बीच हुई भिड़ंत में कार में सवार मां बेटे की मौत हो गई